लोगों से पानी की बचत के लिए जन आंदोलन शुरू करने को कहा दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद आकाशवाणी पर मन की बात के अपने पहले कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र भारतीय संस्कृति में रचा बसा है और यह हमारी विरासत का अंग है वित्त मंत्रालय जीएसटी रिटर्न भरने की नई व्यवस्था प्रायोगिक आधार पर आज से करेगा लागू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने पर दिया बल

उन्होंने लोगों से जल की एक एक बूंद बचाने का आग्रह किया केंद्र में दोबारा सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री ने कल पहली बार मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया जाना चाहिए जिसमें न सिर्फ जल संबंधी समस्याओं पर ध्यान दिया जाये बल्कि पानी बचाने के तरीकों का प्रचार प्रसार भी किया जाये जल संस्क्षण के लिए एक जन आंदोलन की शुरूआत करें हम सब साथ मिलकर पानी की हर बूंद को बचाने का संकल्प करें मेरा तो विश्वास है कि पानी परमेश्वर का दिया हआ प्रसाद है प्रधानमंत्री ने लोगों से यह अनुरोध भी किया कि वे जल संरक्षण के उन पारम्परिक तरीकों को साझा करें जो सदियों से उपयोग में लाए जाते रहे हैं नरेन्द्र मोदी ने लोगों से अनुरोध किया कि वे ऐसे लोगों स्वयसेवी संस्थाओं और अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी दें जो जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में जानकारी देने के लिए हैश टैग जन शक्ति फॉर जल शक्ति का उपयोग करने का अनुरोध किया देश के कई भागों में जल संरक्षण के लिए लोगों के प्रयासों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देशभर में जल संकट से निपटने का कोई इकलौता फार्मूला नहीं हो सकता सामुहिक प्रयास से बड़े सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं पूरे देश में जल संकट से निपटने का कोई एक फार्मला नहीं हो सकता इसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है वो है पानी बचाना जल संरक्षण हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि सबके लिए स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जागरुकता ने योग की शान और योग दिवस का महत्व बढ़ा दिया है उन्होंने कहा कि योग का प्रचार प्रसार समाज सेवा का महान उदाहरण है लोकतंत्र के महत्व पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक व्यक्त्था के सुगम संचालन के लिए संविधान बहुत आवश्यक है प्रधानमंत्री ने भारत के लोकतंत्र के विशाल आकार और व्यापकता का उल्लेख करते हुए कहा बहुत बड़ा चुनाव अभियान हमारे देश में संपन्न हुआ

ये संख्या हमें बहुत ही सामान्य लग सकती है लेकिन अगर दूनिया के हिसाब से मैं कहूं

तो भारत में दुनिया के किसी भी देश के आबादी से ज्यादा लोगों ने वोटिंग किया था ये हमारे लोकतंत्र की विशालता और व्यापकता का परिचय कराता है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस बात पर गर्व कर सकता है कि कानून और व्यवस्था के अलावा लोकतंत्र हमारी संस्कृति में रचा बसा है और यह हमारी विरासत का अंग है प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम फिर शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम जीवन और समाज में बदलाव का जरिया है केंद्रीय सचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम दुनिया में अपनी तरह का पहला ऐसा प्रयोग है जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं लोगों से सीधे बात कर रहे हैं कल पृणे में लोगों के साथ मन को बात सुनने के बाद आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान की तरह जल सरक्षण को भी जन आंदोलन बनाने की प्रधानमंत्री की अपील पर लोग सकारात्मक रवैया अपनायेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कल नई दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबेधित करते हए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात के किसी भी अंक में किसी राजनीतिक मुद्दे का जिक्र नहीं किया है भाजपा अध्यक्ष और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जल संरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विचारों में उनकी दूरदृष्टि झलकती है प्रदेश में मन की बात कार्यक्रम को समाज के सभी वर्ग के लोगों ने बहुत उत्साह से सुना और उससे प्रेरणा ली समाज के सभी वर्ग के लोगों ने इस लोकप्रिय कार्यक्रम को बड़े ही ध्यान से सुना और देखा तथा इससे काफी हद तक प्रेरित हुए अयोध्या में ऐतिहासिक हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास कहते हैं जिस प्रकार द्ररगामी विचार मोदी जी का है जिसे आज उन्होंने कहा कि जल संरक्षण करेंगे तमी देश बचेगा जो जल का जो संकट आने वाला है बचने के लिए मोदी जी ने जो तरीका बताया है हम लोग उनकी तरीका से प्रेरित होकर हम लोगों ने तमाम योजना बनाना शुरू कर दिया है बरेली की वरदाना का मानना है मेरा नाम वरदाना है मैं रेग्यूलरली प्रधानमंत्री की मन की बात प्रोग्राम देखती हूं उसमें वे बहुत सारे ऐसी बाते करते हैं जो हम लोगों के लिए प्रेरणादायक होती है जैसे आज उन्होंने बात की जिसकी अंदर उन्होंने महिलाओं की लोकतंत्र के अंदर भागीदारी की बात की

वो देश की छोटी छोटी बातों पर भी अपनी नजर रखता है आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से मैं मुल्तान सिंह यादव वस्तु और सेवा कर जी एस टी की आज दूसरी वर्षगांठ मनायी जायेगी वित्त और कम्पनी मामलों के केन्द्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकर आज समारोह की अध्यक्षता करेंगे वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर छोटे उद्योगों के लिए जी एस टी पर एक प्रस्तिका का लोकार्पण भी किया जायेगा मंत्रालय ने कहा है कि आज से रिटर्न भरने की नई व्यवस्था प्रयोग के तौर पर शुरू होगी और पहली अक्टूबर से यह अनिवार्य हो जायेगी इसमें छोटे करदाताओं के लिए सहज और सुगम रिटर्न का प्रस्ताव किया जायेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मुरादाबाद में कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की मण्डलीय समीक्षा बैठक की उन्होंने कहा कि अधिकारीगण फील्ड विजिट पर आधारित नयी कार्य पद्वति विकसित कर जन आकाक्षाओं की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता से सीधा संवाद स्थापित करें कानून व्यवस्था में गृणात्मक सुधार करने हेत् थानों पर आने वाले फरियादियों की समस्याओं के त्वरित एवं स्थलीय समाधान की व्यवस्था सुनिश्चित करें कानून व्यवस्था को स्वस्थ समाज की आधारशिला बताते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस प्रोफेशनल एवं प्रोएक्टिव एप्रोच अपनाकर अपराध व अपराधियों के विरुद्व कार्यवाही करके प्रमावी अपराध नियंत्रण सुनिश्चित करे श्री योगी ने कहा कि आगामी कावंड यात्रा में श्रद्वाल्ओं को कोई समस्या न हो इस हेत समय से सड़के दुरुस्त कर ली जाए पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध भी किए जाएं उन्होंने पुलिस अधिकारियों का आह्वान किया कि कार्यप्रणाली में इस प्रकार बदलाव लाएं जिससे अपराधियों में वर्दी का भय हो और आम नागरिकों का वर्दी पर भरोसा कायम हो सके मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकास योजनाओं के स्थलीय निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करने के भी निर्देश दिए उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रमावी एवं जनोन्मुखी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए निर्धन जरूरतमंद एवं पात्र लोगों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने पर बल दिया मुख्यमंत्री ने विभागवार एक एक परियोजना की प्रगति की जानकारी ली तथा शासकीय प्राथमिकता प्राप्त योजनाओं यथा स्वच्छ भारत मिशन सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना आयुष्मान भारत योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पेयजल परियोजनाएं मुख्यमंत्री आवास योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना तथा समस्त पेंशन एवं छात्रवृत्ति योजनाओं का बेहतर एवं जनोन्मुखी क्रियान्वयन करके पात्रों एवं जरुरतमंदों को लामान्वित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये मुख्यमंत्री जी ने स्वच्छता कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान कहा कि मुरादाबाद नगर में स्वच्छता की और अधिक आवश्यकता है

मुख्य सचिव डॉक्टर अनूप चन्द्र पाण्डेय ने अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से अधिक से अधिक लोगों को संचारी रोगों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिये उन्होंने इक्कतीस जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में गॉव और शहरों में विशेष रूप से सफाई अभियान चलाने के लिए निर्देश दिये हैं